प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हुई प्रदेश में आज संक्रमण के बहत्तर नये मामले सामने आये

देश भर में कई छूट के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण लागू

आने वाले दिनों में हर दिन पचास से साठ ट्रेन की होगी व्यवस्था प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली जिले के जंदाहा क्षेत्र की निवासी पचहत्तर साल की एक बुजुर्ग महिला की एनएमसीएच में इलाज के दौरान आज मृत्यु हो गयी ये महिला फेफड़े के कैंसर से भी पीड़ित थी इधर राज्य में इस महामारी के बहत्तर नये मामले दर्ज होने के बाद संक्रमण की संख्या बढ़कर एक हजार तीन सौ बानवे हो गयी है सबसे अधिक बाईस मामलों की पुष्टि गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड और मांझा प्रखंड से हुई है वहीं पंद्रह मामले बेगूसराय में दर्ज किये गये जबकि नालंदा में छह भागलपुर में चार मामलों की पुष्टि हुई है कटिहार अरवल प्रर्णिया मुंगेर सहरसा सुपौल और खगड़िया में भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं प्रदेश में सबसे अधिक एक सौ चौंसठ लोग पटना जिले में संक्रमित हुए हैं एक सौ छब्बीस संक्रमण के साथ मुंगेर दूसरे और इक्यानवे पॉजिटिव मामलों के साथ रोहतास तीसरे स्थान पर है पटना और वैशाली जिले में दो दो लोगों की मौत हुई है वहीं मुंगेर रोहतास खगड़िया पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में एक एक व्यक्ति की इस महामारी से मौत हुई है स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि प्रवासी कामगारों के देश के विभिन्न हिस्सों से आगमन के चलते कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण के आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि अब तक छह सौ इक्यावन प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है जबकि आठ हजार तीन सौ सैंतीस लोगों के सैंपल की जांच की गयी है सबसे अधिक दिल्ली से आये दो सौ अठारह कामगारों में संक्रमण पाया गया पिछले एक सप्ताह के दौरान राज्य में पांच सौ उन्नीस लोग कोविड उन्नीस से संक्रमित हुए हैं वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में कोविड उन्नीस संक्रमण के पांच हजार दो सौ बयालीस नये मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छियानवे हजार एक सौ उनहत्तर हो गई है राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू हो गया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन को इकतीस मई तक बढा दिया है बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर नये दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं अभी प्रदेश में तीसरे चरण के लिये जारी किये गये गाईडलाईन लागू रहेंगे पच्चीस मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड उन्नीस का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेन्मेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेन्मेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले चौदह दिनों तक रोक रहेगी साउंड बाईट चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे की वंदे मारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे श्रमिक स्पेशल अन्य विशेष ट्रेन पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी मैट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देशभर में बंद रहेंगे लोगों को रेस्तरा होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले चौदह दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा क्योंकि ये सेवाए भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई है हालांकि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डो और दस डिपो में भोजनालयों और कैंटीनों को संचालित करने की छुट दी गई है सिनेमा हॉल जिम शॉपिंग मॉल मनोरंजन पार्क अथवा अन्य ऐसे सभी समा स्थल भी देशमर में प्रतिबंधित रहेंगे संक्रमण की उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक समाओं की अनुमति नहीं दी गई है पूजा स्थलों में एकत्रित होने अथवा और धार्मिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंधित भी जारी रहेंगे

आनंद चतुर्वेदी आकाशवाणी समाचार दिल्ली लॉकडाउन में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तीनों प्रकार के क्षेत्रों में शुरू की जा सकने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में फैसला कर सकेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के बीच परिवहन के बारे में भी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश आपस में सहमति के आधार पर निर्णय ले सकते हैं सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की इजाजत नहीं होगी ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अधिक बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे सरकार ने सभी नियोक्ताओं से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारी अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें सरकार ने पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों रोगियों गर्भवती महिलाओं और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लॉकडाउन जारी रहने तक घर में ही रहने का परामर्श दिया है गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोविड उन्नीस प्रंबधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है थ्रकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिये सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है

हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडो का कडाई से पालन करना होगा वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पान गुटका और तंबाक का सेवन करने की अनुमति नहीं है गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार घर से काम करने की प्रथा को ज्यादा से ज्यादा अपनाना चाहिए वहीं सामान्य जगहों पर समी प्रवेश और निकास विन्दुओं पर हैंडवास और सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए कार्य स्थलों पर लोगों के बीच पर्याप्त दूरी होनी चाहिए

केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकतीं केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछेक कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नये दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में चौबीस मार्च से अब तक दो हजार दो सौ सत्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहीं उल्लंघन के मामले में लगभग सत्रह करोड़ रूपये की राशि ज़र्माने के रूप में वसूली गयी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिहत्तर हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है प्रदेश में विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी कामगारों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है सरकार ने कहा है कि जब तक बिहारी प्रवासी लौटना चाहेंगे उनके लिये ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि छब्बीस मई तक के लिये कार्य योजना तैयार की गयी है श्री कुमार ने कहा कि अगले आठ से नौ दिनों में आठ लाख प्रवासी लोगों के बिहार पहुंचने की संभावना है इसके लिये पांच सौ पांच ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा उन्होंने प्रवासी मजदूरों से धैर्य बनाये रखने की अपील की है श्री कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन पचास से साठ ट्रेनों की व्यवस्था की जायेगी इधर आज सैंतालीस अलग अलग रेलगाडियों से लगभग पचहत्तर हजार श्रमिक बिहार पहंच रहे हैं जिसके बाद प्रदेश में पहुंचने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या बढ़कर पांच लाख बीस हजार हो गयी है इधर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि जो लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और बिहार से लगी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की सीमा पर पैदल पहुंच हैं उन्हें उनके गृह जिलों तक पहुंचाने के लिये साढ़े चार हजार बसों की व्यवस्था की गयी है इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों को जोड़ते हुए कई लोकल श्रमिक स्पेशल गाड़ियां भी चलायी जा रही हैं श्री अग्रवाल ने कहा कि गोपालगंज से पांच कैमूर से तीन और पटना जंक्शन से एक ट्रेन चलायी जा रही हैं जिनका ठहराव कई जिलों के प्रमुख स्टेशनों पर किया गया है परिवहन सचिव ने कहा कि ट्रेन से स्टेशन पहुंच रहे प्रवासी लोग एडवांस बुकिंग कर दूसरे जिले तक जाने के लिये कैब का भी उपयोग कर सकते हैं इधर श्रमिक विशेष रेलगाड़ी तेरह सौ से अधिक लोगों को हरियाणा से लेकर जमुई रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन में जमुई के अलावा लखीसराय मुंगेर बांका बेगूसराय पटना और सहरसा के भी कामगार सवार थे वंदे भारत अभियान के दूसरे चरण के तहत पहली बार आज इकतालीस प्रवासी विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पर उतरे इनमें अठाईस बिहार के और तेरह झारखंड के रहने वाले हैं ये सभी लॉकडाउन के कारण कनाडा और ब्रिटेन में फंसे हए थे यह विमान दिल्ली और वाराणसी होते हुए गया हवाई अड्डे पर उतरा कोविड उन्नीस महामारी रोकथाम के लिए विशेषज्ञों ने व्यवहारगत आदतों में बदलाव को अपनाने को कहा है एम्स नई दिल्ली में वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर उमा कुमार का कहना है कि शारीरिक दूरी बनाये रखने और हाथों की सफाई रखकर महामारी पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है

सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है लॉकडाउन के दौरान सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों में काफी ख्रशी है नवादा जिले की एक लाभार्थी ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि उज्ज्वला योजना का उन्हें लाभ मिला है

देखा जा रहा है कि पैदल लौटने के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे में कई लोगों की जान चली गयी है इधर दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा है कि पैदल आ रहे प्रवासियों को जिला प्रशासन सरकारी वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचायेगा रेलवे ने दरभंगा से छत्तीसगढ़ के दूर्ग के लिये बीस मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है इसका ठहराव चांपा विलासपुर और रायपुर स्टेशन पर होगा यह ट्रेन दरभंगा स्टेशन से दोपहर दो बजे खुलेगी प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिये रेलवे स्टेशन पर कई प्रकार की व्यवस्था कर रहा है सूचना मिलने पर कटिहार स्टेशन पर स्थानीय स्टेशन प्रबधन की ओर से डॉक्टर की व्यवस्था की गयी और विशेषज्ञों की मौजूदगी में एक प्रवासी महिला का सफल और सूरक्षित प्रसव कराया गया केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बारहवीं परीक्षा की बाकी बची हुईं परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया ये परीक्षाएं एक से पंद्रह जुलाई के बीच होंगी परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सेनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है अभिभावकों की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अम्फन के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अगले दो दिनों तक आंधी और बारिश की सम्भावना बनी हुई है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस दौरान तीस से पचास किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है

प्रदेश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर नौ हुई प्रदेश में आज संक्रमण के बहत्तर नये मामले सामने आये

देश भर में कई छूट के साथ लॉकडाउन का चौथा चरण लागू

आने वाले दिनों में हर दिन पचास से साठ ट्रेन की होगी व्यवस्था